प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले साढ़े चार वर्षो में देश कृषि दुग्ध उत्पादन इस्पात और विमानन सहित सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कल लोकसभा में हुई चर्चा का उत्तर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ईमानदारी और पारदर्शिता तथा गरीबों के प्रति संवेदनशीलता के लिए जानी जाती है बेरोजगारी बढ़ने के आरोपों को खारिज करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवहन होटल अधोसंरचना समेत औपचारिक और असंगठित क्षेत्रों में करोड़ों नई नौकरियां पैदा हुई हैं

ये बिना रोजगार होता है क्या प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार देश के लागों के प्रति जवाबदेह है और वह भ्रष्टाचार से निपटने पर लगातार जोर बनाए हुए है श्री मोदी ने राफल सौदे पर आरोपो के लिए भी कांग्रेस पर प्रहार किया और कहा कि वह नहीं चाहती कि भारतीय वायु सेना सशक्त बने बाइट मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं है कि हमारी वायुसेना मजबूत हो आज राफेल का सौदा रद्द हो इसके पीछे किसकी भलाई के लिए लगे हो आप किस कंपनी की भलाई के लिए खेल खेल रहे हो आप इस प्रकार से देश की सेवा के साथ ये व्यवहार करते हो

बाद में सदन ने विपक्ष के संशोधनों को नामंजूर करते हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण को पारित कर दिया केन्द्रीय भूतल परिवहन एवं नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने आज अयोध्या में सात हजार एक सौ पनचानवें करोड़ रूपये लागत की पांच राष्ट्रीय परियोजनाओं का शिलान्यास किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अब सरयू नदी शुद्ध होगी और सड़के इतनी अच्छी गुणवत्ता की तैयार की जायेंगी कि उनमें वर्षो तक कोई खराबी नहीं आयेगी इससे पहले प्रयागराज में श्री गडकरी ने कहा कि गंगा और सहायक नदियों की सफाई का काम सरकार तेजी से कर रही है और अगले साल मार्च तक गंगा का पानी पीने योग्य हो जायेगा इसके पहले श्री गडकरी ने रिवर इंफार्मेशन सिस्टम का लोकार्पण किया और जल परिवहन की परियोजनाओं का उद्घाटन किया हमारे संवाददाता ने बताया केन्द्रीय मंत्री ने कुंभ मेल के सेक्टर दो में नमामि गंगे पर लगी हुई राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एनएनसीजी पर एक विशाल प्रदर्शनी का भी भ्रमण किया

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि पार्टी की जीत का आधार नेता नहीं बूथ कार्यकर्ता तैयार करता है आज महराजगंज और जौनपुर में क्षेत्रीय बूथ अध्यक्षों के सम्मेलनों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि कार्यकर्ताओं को अपने अपने ब्रथ को मजबूत करने का काम पूरी लगन से करना होगा श्री शाह ने केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार के कार्यो की सराहना की और उपलब्धियों को गिनाया इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के बजट में इस बार कन्या सुमंगला योजना के तहत बालिकाओं के कल्याण और उत्थान पर विशेष जोर दिया गया है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

इस मामले में दोनों जिलों में कुल मिलाकर चौदह पुलिसकर्मियों को निलम्बित कर दिया गया है जिसमें एक थानाध्यक्ष एक इंस्पेक्टर और चार सब इंस्पेक्टर शामिल है इसके अलावा कुशीनगर में एक आबकारी निरीक्षक और चार सिपाहियों को भी निलम्बित कर दिया गया है कुशीनगर और सहारनपुर में अवैध शराब से हुई मौतों का संज्ञान लते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन जनपदों के जिलाधिकारियों को प्रभावित लागों को समुचित चिकित्सा सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए हैं

उन्होंने राज्य के पुलिस महानिदेशक से दोनों जनपदों के पुलिस अधिकारियों का दायित्व सुनिश्चित करने को कहा है सुशील चंद तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारी को पीडितों की उचित स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है राज्य सरकार ने मृतकों के आश्रितों को दो दो लाख रूपये तथा पीडितों को पचास पचास हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है मुजफ्फरनगर जिले के चर्चित कवाल कांड में सभी सात आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है सत्ताईस अगस्त दो हजार तेरह को हुए दोहरे हत्याकांड में इससे पहले अपर जिला न्यायाधीश हिमांशु भटनागर ने सभी सातों आरोपियों को दोषी करार दिया था सहायक शासकीय अधिवक्ता आशीष त्यागी ने बताया कि सभी सातों आरोपियों पर दो दो लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है

इसके अलावा हजारों लोग अपना घर छोड़ कर वहां से पलायन कर गये थे फैसला सुनाने के समय अदालत परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी अदालत के आसपास के इलाके में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई थी प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर पिछले दो दिनों में हुई बारिश के कारण सर्दी में बढ़ोत्तरी हुई है हालांकि आज धूप निकलने से लोगों ने राहत की सांस ली आज महराजगंज में मूसलाधार बारिश हुई और ओले पड़े

कानपुर देहात में कोहरे और शीतलहर ने जन जीवन को प्रभावित किया है पीलीभीत में बरसात के बाद किसानों ने फसलों को खाद देना शुरू कर दिया है

कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को तेजी से और प्रभावी ढंग से लागू करने में उनका सहयोग मांगा है इस योजना के तहत दो हेक्टेयर तक की भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये की सहायता दी जाएगी ये पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में तीन बराबर बराबर किश्तों में जमा किया जाएगा